प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये देश के तीन स्थानों पर कोविड जांच प्रयोगशालाओं का लोकार्पण किया कहा कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए सरकार संकल्पबद्ध

पिछले एक सप्ताह में यह द्रसरी बार है जब राज्यपाल ने सरकार के विधानसभा सत्र आहत करने संबंधी प्रस्ताव को लौटाया है

राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल से पुनरूः प्राप्त हुए प्रस्ताव पर विधिक राय ली गयी

पत्र में कहा गया है कि सरकार सत्र ब्रलाकर कोरोना सहित विभिन्न आर्थिक चुनौतियों के बारे में दलों से चर्चा कर उचित फैसला करना चाहती है इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बात की मुख्य सचेतक महेश जोशी ने बताया कि श्री गहलोत ने राज्य की सारी राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में प्रधानमंत्री को बताया

वहीं आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक मदन दिलावर को उस याचिका को खारित कर दिया जिसमें बहजन समाज पार्टी के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ दायर उनकी शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा कोई फैसला नहीं लेने पर सवाल उठाया गया था

इस वीडियो कॉन्फ्रेन्स में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जिला अस्पतालों के प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों तथा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों ने भाग लिया

शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने टवीट कर बताया कि परिणाम शाम चार बजे घोषित किया जायेगा

न्यायमूर्ति अशोक भूषण न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की तीन सदस्यीय पीठ ने इन याचिकाओं पर केन्द्र और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से जवाब मांगा है

इसमें पांच विमान हैं जो बुधवार को भारत पहंचेंगे

ये पांच विमान कृष्ठ समय तक संयुक्त अरब अमीरात रुकेंगे और हवा में ही इनमें ईंधन भरा जायेगा इन विमानों को फ्रांस की कम्पनी द साल्ट ने बनाया है विमानों ने आज फ्रांस के बॉरडियोक्स से उड़ान भरी दस विमानों की डिलीवरी तय समय के अनुसार पूरी हो रही है पांच विमान प्रशिक्षण के लिए फ्रांस में ही रहेंगे

प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत अन्त्योदय बीपीएल स्टेट बीपीएल और खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं मुफ्त दिया जा रहा है बूंदी के नाला का ढाबा निवासी प्रुषोत्तम ने बताया कि उन्होंने पहले भी निःशुल्क गेहूं लिया है जिससे उन्हें फायदा मिला है

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ को राष्ट्र के शांतिरक्षक बताते हुए श्री नायड् ने कहा कि यह कर्त्तव्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता के समानार्थी है श्री मोदी ने उत्कष्ट कर्मियों को बधाई देते हए कहा कि सीआरपीएफ देश को सुरक्षित रखने में सबसे आगे है

इस अवसर पर उन अधिकारियों और जवानों को याद किया गया जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी जान न्योछावर कर दी

वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी महान वैज्ञानिक और शिक्षक डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम को श्रद्वांजलि देते हुए अपने संदेश में कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच सादगी सदा प्रेरित करती रहेगी